प्रदेश में डेढ़ लाख और जीविका समूह बनाये जायेंगे

राज्य की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण बागमती लालबकैया और कमला बलान का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है जबकि महानंदा और भूतही बलान का जलस्तर भी खतरे के निशान के आस पास है नदियों में उफान के कारण मुजफ्फरपुर के कटरा के पास बागमती पर बना पीपा पुल डायवर्सन बह गया है उधर गंडक की तेज धारा से गोपालगंज के बरौली में कटाव शुरू हो गया है इस बीच जल संसाधन विभाग ने दावा किया है कि तटबंधों की सुरक्षा का पूरा इतजाम किया गया है मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया कि चार दिनों से हो रही बारिश और तेज हवा के कारण पेड़ और बिजली का खंभा टूट कर गिर गये है जिससे यातायात बाधित हो रहा है इसके साथ ही बिजली आपूर्ति भी बाधित है पूर्वी चंपारण जिले में भारी बारिश के कारण आज और कल स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है शिवहर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बागमती और लालबकैया में आये उफान से बाढ़ का पानी बेतवा घाट में पुरानी धारा में बहने लगी है देवापुर के समीप सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ने से शिवहर मोतिहारी के बीच आवागमन बाधित हो गया है बाढ़ के कारण सब्जी के फसलों का नूकसान हुआ है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष से आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और बांधों पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया उन्होंने बताया कि दो सौ पैंतालीस जगहों पर पुनर्वास की व्यवस्था की गयी है मौसम विभाग के अनुसार बागमती के साथ अधवारा समूह की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने की आशंका है बगहा में टेंगराहा नदी का उत्तरवर्ती बांध टूट जाने से बरवा ख़ुर्द बिनवलिया भेलाही और नौतनवा सहित आधा दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद वाल्मिकी नगर टाइगर रिजर्व के कई इलाके जलमग्न हो गये हैं पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने गंडक किनारे और तटबंधों के पास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचाने के निर्देश दिये हैं अररिया जिले में कनकई परमान बकरा और भलुआ नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सिकटी पलासी जोकीहाट और कुर्साकांटा प्रखंडों के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है पूर्णियां से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से बिजली के कई पोल गिर गये हैं इससे बायसी और अमौर बैसा प्रखंड के कई गांवों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गयी है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश रिकार्ड की गयी है पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सीवान सीतामढ़ी शिवहर अररिया और किशनगंज में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है सबसे अधिक सोलह सेंटीमीटर बारिश सीवान के सिसवन में रिकार्ड की गयी सारण जिले के छपरा में चौदह सेंटीमीटर और बक्सर में ग्यारह सेंटीमीटर बारिश हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य में डेढ़ लाख और जीविका समूह बनाये जायेंगे उन्होंने विधान परिषद में कहा कि जीविका के माध्यम से बड़ी संख्या में महिला आत्मनिर्भर बन रही है अब तक आठ लाख बावन हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है श्री कुमार ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को तीन किस्तों में तिरासी अरब चार करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है उन्होंने कहा कि पचास लाख और लोगों को जीविका समूह से जोड़ा जायेगा उधर नगर विकास विभाग ने जारी बयान में कहा है कि राज्य के एक सौ चौंतीस शहरों को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ बनाया गया है विज्ञप्ति के अनुसार शहरों को स्वच्छ और सुन्दर बनाये रखने को अड़तालीस शहरों के लिए सात सौ दो करोड़ से अधिक की योजनाएं मंजूर की गयी है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा है कि जल शक्ति अभियान से मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को जोड़ा जायेगा उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चे खूद पानी बचाने की पहल करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है प्रदेश में जल शक्ति अभियान का पहला चरण पन्द्रह जुलाई तक चलेगा जबकि दूसरा चरण एक अक्टूबर से तीस अक्टूबर तक चलेगा राज्य सरकार स्कूली वाहनों के बेहतर और सुरक्षित परिचालन के लिए स्कूल परिवहन नीति बनायेगी परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने विधान सभा में कहा कि परिवहन नीति में स्कूल प्रशासन की जबावदेही के साथ साथ वाहनों में अनिवार्य सुविधाएं भी तय की जायेगी उन्होंने कहा कि राज्य के सभी स्कूली वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाये जायेंगे श्री निराला ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने दुर्घटनाग्रस्त लोगों को समुचित इलाज की व्यवस्था करने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए हैं साथ ही परिवहन विभाग दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अविलंब अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से लोगों को प्रेरित करने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले पांच वर्ष में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में बीस लाख से अधिक रोजगारों का सूजन किया है केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में इस क्षेत्र में पांच लाख सत्तासी हजार से अधिक रोजगार पैदा किए गए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और बैंक के बीच व्यवस्था भी ऑनलाईन होगी विधान परिषद में उन्होंने कहा कि समेकित वित्त प्रबंधन प्रणाली सीएफएमएस लागू होने से वेतन भुगतान में सहुलियत हो रही है एग्रीकल्चर टूडे ग्रुप ने बिहार को सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया इस मौके पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार भी मौजूद थे बिहार लोक सेवा आयोग की तिरसठवीं और चौसठवीं संयुक्त मुख्य परीक्षा आज से पटना के उनतीस सेंटरों पर होगी पटना उच्च न्यायालय ने इस परीक्षा पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दी है मुख्य न्यायाधीश अमरेन्द्र प्रताप शाही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस संबंध में एकलपीठ के आदेश में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है गौरतलब है कि एकलपीठ ने इस परीक्षा पर रोक लगाने से जुड़ी सभी याचिकाओं को पहले ही खारिज कर चुकी थी

पुलिस मुख्यालय ने सरकार द्वारा तय मानदंड के तहत आने वाले को ही थानेदार और अंचल निरीक्षक के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया है अगस्त महीने तक राज्य के छिहत्तर गांव डिजिटल लेन देन में सक्षम हो जायेंगे पोस्टमास्टर जनरल पूर्वी अनिल कुमार ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अभियान के तहत इन गांवों में यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने विधान सभा में सरकार की घोषणा को सुर्खी बनाते हुए लिखा है स्कूल परिवहन नीति बनेगी दैनिक जागरण की सुर्खी है विधायकों के इस्तीफों की होगी जांच दैनिक भास्कर ने अयोध्या विवाद से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ पैनल से अठारह जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा प्रभात खबर की सुर्खी है लखीसराय में बरातियों को ट्रक ने कुचला आठ की मौत इसी अखबार ने अपने विशेष खबर का शीर्षक लगाया है भावुक लता मंगेशकर बोली धौनी जी देश को आपकी जरूरत रिटायरमेंट न सोचें

प्रदेश में डेढ़ लाख और जीविका समूह बनाये जायेंगे